धनतेरस के साथ ही आज से हई पांच दिनों के दीपावली पर्व की शुरूआत बाजारों में दिख रही रौनक

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्होंने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया है अन्य ऐसे सभी शासकीय कर्मचारियों को तत्काल सेवा से बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं जो फर्जी या गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कार्य कर रहे हैं साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्थगन आदेश प्राप्त सभी प्रकरणों में शीघ्र सुनवाई करने के लिए उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा अधिकारिक जानकारी के अनुसार उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति को राज्य गठन के बाद से अब तक फर्जी तथा गलत जाति प्रमाण पंत्र के कल सात सौ अंठावन प्रकरण प्राप्त हुए हैं इनमें जांच के बाद दो सौ संतावन प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं सबसे अधिक चवालीस मामले स्कूल शिक्षा विमाग के हैं मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन शासकीय सेवकों के जाति प्रमाण पत्रे गलत पाए गए हैं उन्हें तत्काल महत्वपूर्ण पदों से अलग किया जाए ऐसे सभी प्रकरणों की सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभागवार नियमित समीक्षा की जाएगी लेबर्स रिसोर्स सेंटर राज्य योजना आयोग लॉकडाउन के कारण प्रभावित कामगारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों के नौ विकासखंडों में लेबर्स रिसोर्स सेंटर की स्थापना करेगा राज्य योजना आयोग की आज हई बैठक में बताया गया कि ये सेंटर बलरामपुर जशपुर कोरबा बिलासपुर जांजगीर चांपा मुंगेली राजनादगांव कांकेर और बस्तर जिले के विकासखंडो में स्थापित किए जाएंगे इन सेंटरों के माध्यम से कामगारों को विभिन्न विभागों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी इसके अलावा कामगारों के पंजीयन के साथ ही उन्हें कौशल विकास करने में सहायता भी प्रदान की जाएगी गौरतलब है कि राज्य योजना आयोग ने यूनाईटेड नेशंस डेव्हलपमेंट कार्यक्रम के सहयोग से कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की है यह प्रकोष्ठ कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली योजनाओं का अध्ययन करेगा और उन्हें अधिक मजबूत बनाने के लिए अपनी अनुशंसा प्रदान करेगा इसके लिए इस प्रकोष्ठ में छह विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति भी की गई है धान बारदाना राज्य सरकार आगामी एक दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए सत्तर हजार नये बारदानें जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदेगी इसके अलावा पीडीएस के बारदानों को भी एकत्र किया जा रहा है साथ ही साथ मिलर के पूराने बारदानों का भी सत्यापन किया जा रहा है गौरतलब है कि राज्य सरकार ने किसानों से धान खरीदी के लिए केन्द्र सरकार से साढ़े तीन लाख बारदाने उपलब्ध कराने का आग्रह किया था राज्य सरकार के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा उसे पिछले महीने बताया गया कि छत्तीसगढ़ को की जाने वाली बारदानों की आपूर्ति में पचास प्रतिशत की कटौती की गई है और अब प्रदेश को एक लाख तिरालीस हजार गठान बारदानो की आपूर्ति की जाएगी अब तक केन्द्र की ओर से छत्तीसगढ़ को छप्पन हजार गठान बारदाने भेजे गए हैं राज्य सरकार के अनुसार धान खरीदी के लिए साढ़े चार लाख गठान से अधिक बारदानों की जरूरत है धान खरीदी प्रभावित न हो इसके लिए राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर बारदानों की आपूर्ति के लिए कार्यवाही कर रही है कोरोना समाचार जागरूकता रायपुर के भीमराव अंबेडकर अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ओपी सुंदरानी ने कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखने पर तूरंत जांच कराने या विशेषज्ञ चिकित्सक को दिखाने कहा है डॉक्टर सुंदरानी ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में कमी आई है लेकिन आईसीयू में होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ा है उन्होंने बताया कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों से ऐसे मामले अधिक आ रहे हैं जिनकी उम्र साठ वर्ष से अधिक है और जिन्होंने कोरोना लक्षण दिखने पर भी जांच कराने या डॉक्टर को दिखाने में देर की है डॉक्टर सुंदरानी ने कहा कि घर के युवा सदस्यों को कोरोना संक्रमण के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए ताकि उनके घर के बुजुर्ग सदस्य कोरोना संक्रमित होने से बच सकें उन्होंने कहा कि लक्षण दिखने पर यदि तुरंत जांच कराई जाए तो कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है इस बीच बिलासपुर जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रमोद महाजन ने लोगों से कोरोना वायरस से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है इस बीच महासमंद कलेक्टर कार्तिकेया गोयल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और वे होम आइसोलेशन में चले गए हैं उन्होंने हाल ही में उनके संपर्क में आए अधिकारियों और अन्य लोगों से आग्रह किया है कि यदि उन्हें किसी प्रकार के लक्षण नजर आते हैं तो वे अपनी कोरोना जांच जरूर कराएं इस बीच स्वास्थ्य सेवाओं के संयुक्त संचालक सुमाष पांडेय ने त्यौहारों के मद्देनजर होने वाले राउत और सुआ नाचा के दौरान कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है इधर रायगढ़ जिले में कोविड ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने के मामले में एक लैब टैक्नशियन की सेवा समाप्त कर दी गई है एम्बुलें स वाहन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज अपने निवास कार्यालय से बीस नये एम्बुलेंस वाहनों को हरी इांडी दिखाकर रवाना किया आपात स्थिति में मरीजों और घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए यह एम्ब्रेलेंस वाहन विभिन्न जिलों में भेजे जाएंगे इन्हें भिलाकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा तीन सौ एम्बुलेंस वाहनों के जरिए आपात चिकित्सा सुविधा जरूरतमंदों तक पहंचाया जा सकेगा इनमें उनतीस उन्न्त जीवन रक्षक प्रणाली वाली एम्बुलेंस भी शामिल हैं लोक प्रसारण दिवस लोक प्रसारण दिवस आज मनाया जा रहा है यह दिन उन्नीस सौ सैंतालीस में महात्मा गांधी के नई दिल्ली के आकाशवाणी स्ट्रंडियो में आने की याद में मनाया जाता है राष्ट्रपिता ने विस्थापित लोगों को संबोधित किया जो बंटवारे के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरूक्षेत्र में रह रहे थे इस अवसर पर नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में प्रत्येक वर्ष विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है भाजपा अध्यक्ष बयान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने हाल ही में बिहार में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव और मध्यप्रदेश मणिपुर उत्तरप्रदेश तेलंगाना तथा ग्जरात में हुए उपचुनाव में भाजपा की र्जीत को विकास कार्यो की जीत बताया है उन्होंने कहा कि जनभावनाओं के अनुसार किए गए कार्यों से ही लोगों का भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है राज्यपाल मुख्यमंत्री शुभकामना राज्यपाल अनुसुईया उइके ने देश की सीमा पर और छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में तैनात सैनिक अर्द्धसैनिक बलों को दीपावली पर्व की श्रभकामनाए दी हैं राज्यपाल ने कहा कि जब पूरा देश दीपावली पर्व मना रहा है तब हमारे ये साथी देश की सुरक्षा में डटे हुए हैं उन्होंने कहा कि इनकी बदौलत ही आज हम अपना त्यौहार शांतिप्र्वक मना पा रहे हैं वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीपावली के अवसर पर प्रदेश के शहीद जवानों के परिजनों को शुभकामनाए प्रेषित की है मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि जवानों ने असाधारण वीरता और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह नहीं की और शहीद हो गए उन्होंने कहा कि जवानों का साहस और शौर्य सभी के लिए अनुकरणीय है श्री बघेल ने कहा कि शहीद जवानों के परिजनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है राज्य सरकार उनकी हरसंभव मदद करेगी मुख्यमंत्री कहा कि शहीद जवानों के परिजनो को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान की राशि भी तीन लाख रूपए से बढ़ाकर बीस लाख रूपए कर दी गई है गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के शुभकामना संदेश को पुलिस महानिदेशक और जिले के पुलिस अधीक्षकों के माध्यम से शहीद के परिजनों को भेंट किया जाएगा इस बीच गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज दूर्ग जिले के शहीद अभित नायक के घर पहुंचे और उनके परिजनों से भेंट कर मुख्यमंत्री का संदेश दिया सीएम गौठान पैरादान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांवों के विकास के लिए गौठान को सशक्त बनाने पर जोर दिया है साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से पैरादान की अपील भी की है दूर्ग जिले के पाटन क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि इससे फसल की सुरक्षा भी होगी साथ ही जैविक खेती का मार्ग भी प्रशस्त होगा उन्होंने किसानों से कहा कि पर्यावरण को प्रदेषण को बचाने के लिए खेतों में फसल अवशेष को जलाने की बजाय गौठानों में पैरादान करें श्री बघेल ने कहा कि धान उत्पादन करने वाले किसानों को ऐथेनॉल का प्लांट लगने से मदद भिलेगी इससे किसान आर्थिक रूप समृद्ध भी होंगे उन्होंने कहा कि गांव का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गोबर से दीयें वंदनवार शुभ लाभ वॉल हैगिंग बनाने वाली महिलाओं से भी मुलाकात की उन्होंने कहा कि महिलाए हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं और उनके इस काम से छत्तीसगढ़ को देश के बाहर भी पहचान मिली है विश्व शौचालय दिवस पुरस्कार राज्य स्वच्छता पुरस्कार दो हजार बीस के विजेताओं को विश्व शौचालय दिवस पर आगामी उन्नीस नवंबर को पुरस्कार दिए जाएंगे प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव वीडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से प्रतिभागियों को पुरस्कृत करेंगे गौरतलब है कि स्वच्छ भारत मिशन द्वारा राज्य स्वच्छता पुरस्कार दो हजार बीस के तहत बीते पच्चीस जुलाई से दो अक्टूबर तक विभिन्न प्रतियोगिताओ के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई थीं कुल अट्ठारह श्रेणियों में आयोजित इस प्रतियोगिता में करीब तीन हजार से ज्यादा संस्थाओं और व्यक्तियों ने हिस्सा लिया चयनित विजेताओं को कुल चार करोड़ पैंतीस लाख रूपए के पुरस्कार वितरित किए जाएंगे ट्रेन परिचालन रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेल विभाग द्वारा अलीपुरद्वार से लोकमान्य तिलक के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन संचालित की जाएगी यह गाड़ी केवल अलीपुरद्वार से तेरह और पन्द्रह नवंबर को लोकमान्य तिलक के लिए चलाई जाएगी यह गाड़ी प्रदेश के बिलासपुर और रायपुर स्टेशन से होकर गुजरेगी सीएचएमओ चेतावनी महासमुंद जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय ने बेरोजगार युवाओं को ठगों से सावधान रखने की सलाह दी है कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा जिला स्वास्थ्य विभाग में सीधी भर्ती निकाले जाने की गलत जानकारी फैलाई जा रही है सीएचएमओ डॉक्टर एनके मंडपे ने कहा है कि जिला स्वास्थ्य कार्यालय द्वारा किसी भी तरह की सीधी भर्ती के पद नहीं निकाले गए हैं उन्होंने बेरोजगारो को भ्रामक जानकारी से बचने और प्रलोभन देने वालों के खिलाफ संबंधित पुलिस थाने में जानकारी देने को कहा है चिंटफंड निवेशक राशि वापसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से राजनांदगांव जिले के करीब सत्रह हजार चिटफंड निवेशकों को सात करोड़ तीस लाख रूपए से अधिक की राशि अंतरित की गौरतलब है कि निवेशकों से धोखाघड़ी करने वाली एक चिटफंड कंपनी पर सरकार ने कार्यवाही करते हुए उसकी संपत्ति को कुर्क कर दिया था आज मुख्यमंत्री ने इसी राशि से इस कंपनी में निवेश करने वाले लोगों को सात करोड़ रूपए से अधिक की राशि लौटाई है धनतेरस छत्तीसगढ़ सहित देशभर में धनतेरस का त्यौहार आज पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है धनतेरस के साथ ही दीपावली महोत्सव का पर्व शरू हो जाता है आज के दिन धन वृद्धि के लिए कबेर और स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद के देवता धनवंतरी की पूजा की जाती है धनतेरस का पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है आज प्रदेशभर के बाजारों में खासी रौनक देखी जा रही है मौसम प्रदेश में अगले चौबीस घंटो के दौरान एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण पूर्व बिहार के उपर स्थित है जिसके असर से प्रदेश के एक दो स्थानों पर बारिश होने के आसार है संक्षिप्त समाचार श्रम मंत्री डॉक्टर शिवक्मार डहरिया और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने आज मंत्रालय के सामने निर्मित शहीद वीरनारायण श्रम अन्नदान योजना दाल भात केन्द्र का श्रभारंभ किया केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आगामी सोलह से सत्रह नवंबर तक संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा दो हजार उन्नीस का आयोजन निर्घारित परीक्षा केन्द्रो में किया जाएगा परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए डिप्टी कलेक्टर पुनम शर्मा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है कोंडागांव जिले में एटीएम चोरी कर उससे रूपए निकालने के मामले में तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इसी जिले के सिटी कोतवाली पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है इनके पास से ढाई लाख रूपए की कीमत का तिरालीस किलो गांजा बरामद किया गया है दीपावली त्यौहार के मद्देनजर बालोद में यातायात व्यवस्था द्ररूस्त रखने पुलिस के द्वारा आज फ्लैगमार्च किया गया